मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्लास्टिक मुक्त भारत के लिये लोगों से मिलकर काम करने का आहवान किया है

श्री मोदी ने सभी नगरीय निकायो पंचायतो और प्रशासनिक अधिकारियों से दोबारा इस्तेमाल न होने वाले प्लास्टिक कचरे के संग्रह और भण्डारण का प्रबंधन करने का भी आग्रह किया उन्होंने औद्योगिक जगत से भी प्लास्टिक कचरे के स्वच्छ निपटारे का तरीका ढूंढ़ने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक को रिसाइकिल कर ईधन में बदला जा सकता है श्री मोदी ने बताया कि अगले ब्रहस्पतिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशभर में फिट इंडिया आंदोलन शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी फिटनेस के बारे में जागरूक रहने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने महिलाओ और नवजात शिशुओं सहित सभी के लिये संतुलित और पोषण आहार पर भी जोर देते हुए सितम्बर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा भी की जेटली अंतिम संस्कार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का आज नई दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं और हजारों प्रशंसकों की मौजूदगी में श्री जेटली को उनके पुत्र रोहन ने मुखाग्नि दी इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आड़वाणी पार्टी अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह निर्मला सीतारमण पीयूष गोयल रविशंकर प्रसाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे

यहां से उनका पार्थिव शरीर फूलों से सजी एक तोप गाड़ी में निगमबोध घाट लाया गया था श्री जेटली ने वित्तमंत्री रहते हुए नोटबंदी जीएसटी जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लागू किये थे वे पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक थे सलाहकार बोर्ड केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने पचास करोड़ रूपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के मामलों में जांच पड़ताल और कार्रवाई की सिफारिश के लिए बैंक धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड का गठन किया है पूर्व सर्तकता आयुक्त टी एम भसीन की अध्यक्षता वाले बोर्ड में चार सदस्य होंगे यह बोर्ड सार्वजनिक बैंकों के महाप्रबंधक या उनसे ऊपर के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से निकाली गई रकम में धोखाधड़ी के मामलों की जांच करेगा सीएम रिपोर्ट मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आतंकियों के लिये धन जुटाने और खुफिया जानकारियां साझा करने के मामले में सतना से पकड़ाए आरोपियों के मामले में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है

उन्होंने जमानत पर रिहा हुए आरोपियों की निगरानी के लिये क्या कोई कदम उठाये गये थे इसकी भी जानकारी मांगी है गौरतलब है कि इस मामले में हाल ही में पांच लोगों को गिरफ़तार किया गया है

बाढ़ निर्देश राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश में लगातार बारिश के कारण बाढ़ के संभावित हालात को देखते हए सभी कलेक्टरों को सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि वे खुद अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा कर एहतियातन कदम उठाएं और बाढ़ की स्थिति निर्मित होने से पहले ही लोगों को राहत शिविरों में भेजा जाए श्री राजपूत ने शिविरों में पर्याप्त भोजन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने और निरंतर प्रदेश स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहने को भी कहा है

लगातार बारिश से अधिकांश स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है वहीं बढ़े बांधों के गेट खुलने से नदियां उफान पर हैं जिसके चलते कई जगह सड़क यातायात प्रभावित हुआ है होशंगाबाद में नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है

भोपाल में भारी बारिश के चलते यहां स्थित भदभदा और कलियासोत डेम के गेट फिर से खोले गये हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि रायसेन में भी भारी बारिश की वजह से बेतवा नदी उफान पर है और निचली बस्तियों में पानी भर गया है रायसेन का सांची विदिशा से सड़क सम्पर्क आज दूसरे दिन भी ट्टा रहा सीहोर में भी लगातार बारिश से कई गांवों का सड़क सम्पर्क ट्रटा हुआ है खंडवा जिले में दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोल दिये गये हैं जिससे नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है लोगों को नर्मदा किनारों से दूर रहने को कहा गया है वहीं शिवपुरी जिले में लगातार दो दिन से हो रही बारिश से शिवपुरी अशोकनगर मार्ग बन्द हो गया है यहां सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से मणिखेड़ा बांध के आठ गेट खोले गये

जिले के बिरूल रायमला रोड़ पर बनी पुलिया पर एक किसान बहते बहते बच गया बताया जाता है कि यहां कई गांवों से गुजरती हुई नदी निकलती है इसका पुल बहुत ही छोटा है जिसके चलते आवागमन में भारी परेशानी होती है उमरिया में भारी बारिश के चलते खेत की जुताई कर रहे एक युवक की ट्रेक्टर पलटने से मौत की खबर है हमारे शहडोल संवाददाता ने बताया कि जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले ऊफान पर हैं

इसके बाद बांध के गेट खोलने की तैयारी की जा रही है

वन अधिकार प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के निरस्त दावों के पुनः परीक्षण के लिये वन मित्र साफ्टवेयर तैयार किया गया है इससे दावों के निराकरण में गति आएगी

इस शिविर में सहकारिता मंत्री डाक्टर गोविंद सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का आश्वासन दिया

प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दूसरे दिन होने वाले इस आयोजन में शारीरिक सौष्ठव प्रतियोगिता आयोजित की जाती है

इस अवसर पर कलेक्टर शशांक मिश्रा ने उज्जैन शहर में स्थानीय अवकाश घोषित किया है